राज्य में बढ़ते कोरोना संकमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन कर रहा है विशेष प्रयास प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चूनाव के लिए भाजपा ने किए प्रत्याशी घोषित कांग्रेस भी जल्द करेगी नामों की घोषणा

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

ये इस साल का एक दिन में मिलने वाले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है

कल किसी भी मरीज की इस बीमारी से मृत्यु नहीं हुई दो जिलों चूरू और झुंझुनू में संकमण का कोई नया मामला भी नहीं मिला

राज्य में कोरोना के मामलों पर रोक लगाने और जनता को सचेत करने को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

बूंदी में त्यौहारों पर कोरोना संकमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई जिला कलेक्टर ने समाज के प्रबुद्वजनों से जागरूकता के लिए आगे आने को कहा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

पार्टी ने सहाड़ा से रतन लाल जाट सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल और राजसमंद से दिवंगत किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है इस बीच कल तीसरे दिन पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए

प्रदेश में पानी के अवैध कनैक्शनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने और प्रदेश को अवैध जल कनैक्शन से मुक्त बनाने को लेकर जलदाय मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने पिछले दिनों विधानसभा में इस बारे में घोषणा की थी

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज पुणे में खेला जाएगा तीन मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक शून्य से आगे है आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में डेढ बजे से प्रसारित किया जाएगा